प्रदेश में मौसमी बीमारियों की बढती संख्या को देखते हुए जिला स्तर के अस्पतालों में शुरू की जाएगी जांच

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा श्री जेटली का पार्थिव शरीर आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रखा जाएगा दोपहर बाद निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा गौरतलब है कि श्री जेटली का कल निधन हो गया था वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज चल रहा था प्रदेशभर में कल जन्माष्टमी का पर्व पारम्परिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

इस अवसर पर गोविन्द देव जी की प्रतिमा का दूध दही घी बूरा और शहद के साथ अभिषेक किया गया

सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मन्दिर में भी बडी संख्या में श्रद्वालुओं ने जन्माष्टमी का पर्व हर्षो ल्लास के साथ मनाया

जयपुर के गोविन्ददेव जी मन्दिर में आज सवेरे नन्दोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जबकि शाम शोभा यात्रा निकाली जाएगी इसमें झांकियों और कीर्तन मण्डलियों के साथ लवाजमा शामिल होगा प्रदेश के अन्य जिलों से भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से आज सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

पोषण अभियान में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए राज्य को पहला पुरस्कार मिला है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रस्कार समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग की सचिव गायत्री राठौड और समेकित बाल विकास सेवाओं की निदेशक सुषमा अरोडा को यह पुरस्कार प्रदान किया गौरतलब है कि पिछले साल आठ मार्च को देशमर में यह पोषण अभियान शुरू किया गया था और राष्ट्रीय प्रस्कार आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया था प्रदेश में मौसमी बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब जिला स्तर के अस्पतालों में जांच सुविधा शुरू की जाएगी विकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने इस बारे में बैठक लेकर ये निर्देश दिए इस साल बडी संख्या में स्वाइन फ्लू डेंगू और स्कब टाइफस के मामले सामने आ रहे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनता क्लिनिक खोलने की योजना को देखते हुए इन क्लिनिकों में चिकित्सकों की कमी नहीं आने दी जाएगी

ये दुर्घटना कार के असन्तुलित हो जाने के कारण घटित हुई जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आज से हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है

इस हाट में दस्तकारी की विभिन्न वस्तुओं के अलावा अनेक प्रदेशों के व्यजंनों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा भरतपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण मल्लखम्भ खेल को बढावा देने के लिए शिविर आयोजित कर रहा है

शिविर में उन्हें मल्लखम्म खेल की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा

यह परिकमा सोमवती अमावस्या को लोहार्गल में स्नान के साथ संपन्न होगी अमावस्या के दिन देशभर से आए लाखों लोग सूर्य कुंड के पवित्र जल में डूबकी लगाएंगे इसके बाद लक्खी मेला शुरू हो जाएगा भारत की पी वी सिंध् विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के फाइनल में पंहच गई हैं उनको मुकाबला जापान की नोजोमी ओकहारा से होगा कल स्विट्जरलैंड के बासेल में सिंघु ने सेमीफाइनल में चीन की चेन यू फेई को हराया पुरूषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में बी साई प्रणीत को जापान के केन्तो मोमोता से हार का सामना करना पड़ा मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है इस बीच कल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई चाकसू भदे सर सवाईमाघोपुर लालसोट गिर्वा मनोहरथाना नादौती मंडरायल भोपालसागर राशमी और शाहबाद में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई इस बीच बीसलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जलस्रोतो में पानी की आवक लगातार बनी हुई है बीसलपुर बांध से कल भी अतिरिक्त पानी निकाला गया